दोनों देशों ने सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग मजबूत करने की जाहिर की प्रतिबद्धता

श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किये दो कीर्ति चक्र और एक शौर्य चक्र मरणोपरांत दिये गये

परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी शामिल है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे भारत और अमरीका ने सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है दोनों देशों के बीच भारत में छह अमरीकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के बारे में भी बातचीत हुई अमरीका ने परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता समूह में भारत का शीघ्र शामिल किए जाने के प्रति दृढ़ समर्थन दोहराया है कल वाशिंगटन में भारत अमरीका रणनीतिक सुरक्षा संवाद के नौवें दौर की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विजय गोखले ने किया दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु अप्रसार सहित व्यापक मुद्दों पर बातचीत हुई दोनों पक्षों ने सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार और आतंकवादियों तक उनकी पहुंच रोकने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकवादी घोषित न किए जा सकने पर भारत ने निराशा व्यक्त की है विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है चीन की ओर से तकनीकी अड़चन लगाए जाने के कारण मसूद अजहर के खिलाफ अंतराष्ट्रीय समुदाय की ओर से कार्रवाई नहीं हो पाएगी

इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने नागरिकों पर जघन्य हमलों में शामिल आतंकियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों पर काम करता रहेगा बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि सपा बसपा गठबंधन जनता के लिए भरोसेमंद और मजबूत राजनैतिक विकल्प के तौर पर उभर रहा है सुश्री मायावती ने आशा व्यक्त की है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा परिणाम आना लगभग तय है वह आज लखनऊ में पार्टी के प्रांतीय और मण्डल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ राजनीतिक और चुनावी मद्दों पर गहन विचार विमर्श कर रही थी बैठक में उन्होंने चुनाव की तैयारियों के बारे में पदाधिकारियों से जानकारी हासिल कर जरूरी रणनीति को अन्तिम रूप दिया इस दौरान बसपा प्रमुख ने पार्टी के जिम्मेदारों को चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह पालन करने का आग्रह किया निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में आज नई दिल्ली में केन्द्रीय प्रेक्षकों की बैठक आयोजित की यह बैठक प्रेक्षकों को चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी देने के लिए बुलायी गई थी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आयोग ने पहली बार इस तरह की बैठक की है इस दौरान प्रेक्षकों को चुनाव खर्च कालेधन के इस्तेमाल और शराब अथवा नशीले पदार्थो के जरिये मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों को रोकने के तरीके बताये गये सभी प्रेक्षक चुनाव प्रकिया सम्पन्न होने तक आयोग के निद शानुसार चुनाव संबंधी कामों पर पूरी नज़र रखेगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के देश में परिवर्तन के आहवान संबंधी बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें अपनी सरकार की विफलताओं को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए था लखनऊ में जारी वक्तव्य में डॉक्टर पाण्डेय ने कहा कि दो हजार चौदह और दो हजार सत्रह में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी प्रदेशवासी सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस को पूरी तरह नकार देंगे डॉक्टर पाण्डेय ने कहा कि जनता सुशासन और विकास के लिए मजबूत विकल्प को चुनेगी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

कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की और सोलह लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार होंगे जबकि पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल अपनी परम्परागत सीट कानपुर से चुनाव लड़ेंगे इसके अलावा डॉक्टर संजय सिंह सुल्तानपुर रत्ना सिंह प्रतापगढ़ ललितेश त्रिपाठी मिर्जापुर जफ़र अली नकवी लखीमपुर खीरी परवेज खान संतकबीरनगर सीटों से प्रत्याशी बनाये गये हैं विगत चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनी गई सावित्री फुले अब कांग्रेस के टिकट पर बहराइच से ही चुनाव लड़ेंगी इसके अलावा बसपा से कांग्रेस में शामिल हुई कैसर जहॉ सीतापुर से पार्टी की उम्मीदवार बनायी गई हैं सपा से कई बार सांसद रहे राकेश सचान फतेहपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे जिन अन्य लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया हैं उनमें पंकज मोहन सोनकर भगवती प्रसाद चौधरी ओमवती देवी जाटव मंजरी राही रमाशंकर भार्गव भी शामिल हैं जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश में चुनाव समर में उतरने का फैसला किया है पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि रॉबर्ट्सगंज कानपुर देहात और पीलीभीत संसदीय क्षेत्रों से पार्टी अपने उम्मीदवार लड़ायेगी प्रदेश में चुनाव आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है इसी कम में पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार सामग्रियों को जोरदार अभियान चलाकर सार्वजनिक और निजी स्थानों से हटा दिया गया है प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकेटेश्वर लू न लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में अब तक जिला प्रशासन द्वारा कुल सात लाख सोलह हजार पांच सौ छब्बीस प्रचार प्रसार से संबंधित अवैध सामग्रियों को हटा दिया गया है इनमें वॉल राइटिंग पोस्टर्स बैनर्स और अन्य प्रचार सामग्रिया शामिल हैं श्री लू ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के परिप्रेक्ष्य में संतकबीरनगर में दो मुकदमें भी दर्ज किये गये हैं होली पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य परिवहन निगम ने सत्रह से चौबीस मार्च के बीच प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से एक हजार से ज्यादा अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाने का फसला किया है परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक धीरज शाहू ने इस बारे में अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किये हैं लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक के अन्सार कैसरबाग चारबाग अवध आलमबाग हैदरगढ़ और रायबरेली डिपो से लगभग दो सौ तीस स्पेशल बसें संचालित की जायेंगी इन बसों से लखनऊ से वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर कानपुर और दिल्ली मार्ग पर जाने वाले यात्रियों को आवागमन की सुविधा हासिल होगी कृष्ण नगरी मथुरा में होली खेलने की शुरूआत हो गयी है आज सुबह श्री द्वारिकाधीश मन्दिर में परंपरागत होली रसिया गायन के साथ दूर दराज से आये श्रद्धालुओं ने अबीर और गुलाल से होली खेली मान्यता है कि द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का बाल स्वरूप है और इसी वजह से कान्हा को होली का आभास कराने क लिए उन्हें रसिया गायन सुना कर होली क लिए तैयार किया जाता है ब्रज का चतुर्वेदी समाज ढाल नगाड़े और मजीरा बजाकर इस परम्परागत गायन की शुरूआत करते हैं और गायन का यह कम होली के दिन तक जारी रहता है आज विश्व गुर्दा दिवस है यह दिन हर साल मार्च के दूसरे गुरूवार को मनाया जाता है इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व और गुर्दे की बीमारियों की रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है इस अवसर पर देशभर में गुर्दे तथा मधुमेह और उच्च रक्तचाप से गुर्दे को होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लखनऊ स्थित डॉक्टर राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में वर्ल्ड किडनी डे के मौक पर निफालोजी विभाग के डॉक्टर अभिलाष चन्दा ने बताया कि सर्वे के मुताबिक देश में हर दस में से एक व्यक्ति किडनी रोग से पीड़ित है